कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें बजट सब काबीना मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि उत्तराखण्ड में पेट्रोल और डीजल की दर अन्य राज्य की तुलना में कम है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दवारा केवल वैट लिया जाता है

उन्होंने कहा कि खादय तेल के दाम उतराखण्ड में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक नहीं है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महंगाई कम करने के लिए थे वश्यक अन्सूचित वस्त्ओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने मूल्य निर्धारण और किसानों को मूल्य समर्थन योजना का लाभ दिये जाने के लिए जरूरी कदम उठाये हैं

ऐसा करने वाला उत्तराखण्ड देश का एक मात्र राज्य है इससे भूकम्प की चेतावनी पहले मिल सकेगी जिससे जीवन की क्षति को कम किया जा सकता है उन्होंने बताया कि मुक्तेश्वर में डॉप्लर रडार की स्थापना की जा चुकी है जल्द ही एक अन्य डॉप्लर रडार भी स्थापित किया जायेगा इससे बादल फटने की चेतावनी समय से मिल पायेगी

कल सदन में बजट पेश किया जाएगा

सीएम कंभ म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कुम्भ क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए धनराशि की कमी नहीं होनी दी जाएगी

मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेला क्षेत्र में संचालित स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद क्म्भ मेले से जुड़े सभी उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की म्ख्यमंत्री ने ग्रीन कृम्भ की कल्पना को साकार करने के लिए कृम्भ मेले की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा उन्होंने कृम्भ क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया उन्होंने कृम्भ मेले में संचालित स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कम्भ मेले की व्यवस्थाओं से सम्बंधित कार्यों को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिये इससे पहले मुख्यमंत्री ने महाकृभ के कार्यो का निरीक्षण किया

हेलीकॉप्टर और पैराग्लाइडरों से भी इन पर प्ष्प वर्षा की गई वहीं कल रात श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अग्नि अखाड़े और उनके सहयोगी किन्नर अखाड़े के रमता पंच परमेश्वरों की टोली का नगर प्रवेश है रमता पंचों की टोलियों ने कई गाड़ियों के काफिले के साथ हरिदवार में प्रवेश किया पूलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया

पहले दिन मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऑनलाइन श्भारंभ किया उन्होंने कहा कि भविष्य में रेलवे को इस तरह विकसित किया जाएगा जिससे पर्यावरण और उत्तराखंड के वन क्षेत्र प्रभावित न हो

उन्होंने बताया कि पर्वतीय राज्य में रेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे

कैंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े

इस ट्रेन के संचालन से सैलानियों और स्थानीय लोगों को काफी सुविधा मिलेगी पहाड़ी और द्रदराज के इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी होगी कण्व नगरी कोटद्वार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नगर निगम कोटदवार का नाम बदलकर कण्व ऋषि के नाम पर कण्व नगरी कोटदवार रखने की स्वीकृति दे दी है अब नगर निगम कोटदवार कण्व नगरी कोटदवार के नाम से जाना जायेगा कोविड टीकाकरण केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और चौबीसों घंटे टीकाकरण की अन्मति दे दी है

वे किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी

सभी निजी अस्पतालों की शत प्रतिशत क्षमता का उपयोग करने के लिए यह फैसला किया गया है नमदा क्राफ्ट उतरकाशी जिले के नेताला गांव में महिलाओं को नमदा क्राफ्ट प्रशिक्षित किया जा रहा है

इसके लिए जल्द ही एक ग्रोथ सेंटर का निर्माण किया जाएगा ताकि जिले की अधिक से अधिक महिलाएं रोजगार से जुड़ सकें

ग्रामीण महिलाएं स्थानीय भेड़ की ऊन से यह उत्पाद बना रही हैं

प्रमाणपत्र जब्त करने और चेतावनी देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया हालांकि पुलिस ने फर्जी प्रमाणपत्र लेकर तीन बार भर्ती में शामिल हो चुके एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ म्कदमा दर्ज किया गया है गैरसैंण कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कल गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का थ योजन किया जाएगा

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी इसी के अन्रूप भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र का संचालन भी किया जा रहा है